सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

भोपाल में सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं के सरकारी दफ्तर खुलेंगे बाकी सब बंद रहेंगे वहीं इंदौर में फल सब्जी किराना दुकान शाम चार बजे तक खुलेंगी दूध शाम सात बजे तक मिलेगा राज्य शासन ने इन सभी जिलों के आपदा प्रबंधन समिति से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया है निर्णय में इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिये गये हैं कि अगले सप्ताह से शुरू हो रहे विवाह समारोहों में सीमित संख्या में छूट रहेगी या नहीं

कोविड की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप यह फैसला लिया गया है रेल मंत्रालय ने इस बारे में रेलवे के आंचलिक महाप्रबंधकों को पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि रेलवे कोविड के संकमण को रोकने के अनेक कदम उठा रहा है रेल मंत्रालय ने अपने सभी आंचलिक कार्यालयों से कहा है कि कोविड के नियंत्रण संबंधी सभी निर्देशों का तत्काल प्रभाव से छह महीने तक पालन सुनिश्चित करें

जन आंदोलन ग्वालियर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर और मॉडल निशा शर्मा ने लोगों से कोविड का टीका लगवाने की अपील करते हुए कहा है कि वे कोविड के दिशा निर्देशों का भी पालन करें

उन्हें साहित्य साधना के लिए पद्मश्री सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर नरेन्द्र कोहली के निधन पर दुख व्यक्त किया है एक टवीट में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हिन्दी साहित्य जगत में डॉक्टर कोहली का विशेष योगदान रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक संदेश में कहा कि डॉक्टर कोहली को पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों के जीवंत चित्रण के लिए हमेशा याद किया जाएगा

पश्चिम बंगाल में आठ हजार मतदान केन्द्रों की वेबकास्टिंग की गई महिला मतदाताओं ने भारी संख्या में वोट डाले कुम्भ समापन देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संकमण के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संत समाज से हरिद्वार में चल रहे कुंभ को समाप्त कर इसे प्रतीकात्मक रखने की अपील की है प्रधानमंत्री की अपील पर जूना अखाड़े के प्रमुख महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि ने कुंभ के समापन की घोषणा कर दी इससे पहले निरंजनी और आनंद अखाड़े भी कुंभ के समापन की घोषणा कर चुके हैं

राहत की बात ये है कि प्रदेश के खंडवा बुरहानपुर देवास और छिंदवाड़ा में संक्रमण की दर घटने लगी है यहां नए केस तेजी से घट रहे हैं

महाराष्ट्र सीमा पर होने के बाद भी बुरहानपुर में कोरोना पर कंट्रोल हुआ है

इंदौर जिले में कोरोना की स्थिति कमोबेश वैसी ही है

इसके लिये समान सिद्वांतों के साथ तेज गति और समन्वय की जरूरत है

बाघ मुक्की परिक्षेत्र में मृत बाघ शुक्रवार को देखा गया है